वहीं फसलों के समर्थन मूल्य में भी वृद्वि की गई है उन्होंने आज भोपाल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकारों ने देश की गरीब और वंचित आबादी की समस्याओं के लिये कारगर कदम नहीं उठाये इसी का नतीजा है कि गरीब आजादी के बाद से अब तक शिक्षा स्वास्थ्य और आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं केन्द्र सरकार द्वारा लाई गई जनधन योजना प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान योजना का जिक करते हुए श्रीमती राज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में ठोस कदम उठाये गये हैं और इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं गरीबों के लिये लागू की योजनाओं का समुचित लाभ उन्हें मिलने लगा है सामान्य आरक्षण देश के लगभग चालीस हजार महाविद्यालयों और नौ सौ विश्वविद्यालयों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था इसी वर्ष से लागू कर दी जाएगी मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ के बिना शैक्षणिक संस्थाओं में यह आरक्षण लागू किया जाएगा वेतन आयोग केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार और सहायता प्राप्त स्नातक स्तर के तकनीकी संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों को सातवां वेतन आयोग की सुविधाएं देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इससे सरकार पर एक हजार दो सौ करोड़ रूपये का अतिरिक्त भार आयेगा

इस योजना के तहत मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भोपाल में आवेदन प्रक्रिया की औपचारिक शुरूआत की जबकि राज्यमंत्रि मंडल के सदस्यों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर इस योजना की शुरूआत की

वहीं भूपेन्द्र गुप्ता को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी बनाया गया है इन नियुक्तियों के साथ ही राज्य शासन ने कुछ आईएएस अधिकारियों की पद स्थापना में भी फेरबदल किया है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया है नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष रजनीश बैस का तबादला आदिवासी अनुसंधान में किया गया है महिला आईएसएस अधिकारी कल्पना श्रीवास्तव को भोपाल का संभाग आयुक्त बनाया गया है कृषि उत्पादन आयुक्त पीसीमीणा को व्यावसायिक परीक्षा मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है सामान्य प्रशासन विभाग का काम देख रहे अपर मुख्य सचिव प्रभांशु कमल को कृषि उत्पादन आयुक्त का दायित्व सौंपा गया है जबकि वीसी सेमवाल अपर मुख्य सचिव जेल को सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है छतरपुर कलेक्टर रमेश भंडारी को राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का प्रबंध संचालक बनाया गया है वहीं मोहित बुंदस छतरपुर के नये कलेक्टर होंगे

मौसम प्रदेश के अधिकांश जिले शीतलहर की चपेट में है कल ग्वालियर और शहडोल संभागों के कई जिलों में तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई वहीं होशंगाबाद और इंदौर संभागों के जिलों में कहीं कहीं तापमान सामान्य से कम रिकॉर्ड किया गया राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान ग्वालियर दतिया खजुराहो और नौगांव में दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया